लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिये नाम वापसी की समय सीमा कल शाम समाप्त रूस अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेन्ट एन्ट्रयू द एपोसल से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को करेगा सम्मानित प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है रामनवमी का पर्व

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो हजार उन्नीस के आम चुनाव को राष्ट्रवादियों और परिवारवाद के बीच संघर्ष बताया है कल कर्नाटक में कोपल जिले के गंगावटी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा ये चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच का है नेशन फस्ट या फैमिली फस्ट इसके बीच का चुनाव है श्री मोदी ने कहा कि सत्ता में वापस आने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का विस्तार साठ वर्ष से अधिक आय के किसानों को पेंशन और घर घर पानी पहंचाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांवी ने कहा है कि यह चुनाव दो विरोधी विचाखाराओं के बीच संघर्ष का है तमिलनाड के सेलम में कल एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांस्कृतिक विविधता में विश्वास करती है जबकि भाजपा देश में एकीकृत संस्कृति थोपना चाहती है राहल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जनता के एक बडे वर्ग की राय जानने के बाद तैयार किया गया प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अगले चरण के चुनाव प्रचार में जूट गये हैं इसी क्रम में कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अमरोहा के धनौरा में भाजपा प्रत्याशी कवर सिंह तवर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया इस दौरान श्री मौर्य ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के तहत आम नागरिकों के लिये विभिन्न जन कल्याणकारी काम किये हैं जिससे हर वर्ग का जीवन स्तर बढ़ा है उन्होंने कहा कि पिछले पचपन सालों में पूर्ववर्ती सरकारों ने वह काम नहीं किये जो मौजूदा सरकार ने करके दिखाया है

उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के नेता जहां जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं वहीं भाजपा विकास के नाम पर जनादेश चाहती है उधर पीलीमीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन के उम्मीदवार और प्रदेश के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के दौरान गठबंधन के पक्ष में जिस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखा गया है उससे सत्तारूढ़ भाजपा के नेता निराश है कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंघिया ने आगरा में पार्टी प्रत्याशी प्रीता हरित के समर्थन में रोड शो कर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का आहवान किया बाद में मीडिया से बातचीत करते हए श्री सिंधिया ने कहा कि देश में बदलाव का माहौल है और इसका शंखनाद आगरा से होना चाहिये उधर प्रदेश कांग्रेस अव्यक्ष राजबब्बर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय घोषणा पत्र के साथ साथ आगरा और फतेहपर सीकरी निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिये स्थानीय घोषणा पत्र का अनावरण किया लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन था इस चरण के दौरान उन्तीस अप्रैल को प्रदेश के तेरह संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे चौथे चरण में जिन सीटों के लिये चुनाव होगा उनमें शाहजहांपुर सुरक्षित खीरी हरदोई सुरक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रुखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर शामिल हैं खीरी निर्वाचन क्षेत्र में पन्द्रह प्रत्याशी मैदान में है

इस बीच राज्य में चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं सपा बसपा आरएलड़ी गठबंधन के नेताओं अखिलेश यादव मायावती और अजीत सिंह का आज बदायू में दूसरी संयुक्त रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम हैं उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बदायूं और शाहजहाँप्र लोकसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प रैली को संवोधित करेंगे

इसके अलावा चौथे चरण में खीरी ज़िले के निघासन विधानसभा सीट का उप चुनाव भी होगा जिसके लिये उन्तीस अप्रैल को ही वोट डाले जायेंगे यह सीट भाजपा विधायक राम क्मार वर्मा के निधन के बाद ख़ाली हई है रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एन्ड्रयू द एपसल से सम्मानित करने की घोषणा की है यह सम्मान उन्हें रूस और भारत की सरकारों और जनता के बीच विशेष सद्भाव और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है प्रदेश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक इकतालीस लाख से ज्यादा वॉल राइटिंग पोस्टर्स और बैनर्स सार्वजनिक व निजी स्थानों से हटाये जा चुके हैं इसके अलावा आयकर आबकारी और पुलिस विभागों ने लगभग एक सौ साठ करोड़ रूपये मूल्य की ज़बी की है प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने लखनऊ में इस बारे में बताया कि पुलिस और आयकर विभाग ने लगभग पैंतीस करोड़ रूपये की नकदी और आबकारी तथा पुलिस ने अट्ठारह करोड़ रूपये से ज्यादा कीमत का गांजा स्मैक और चरस जुदा की है अभियान के दौरान लगभग उन्हत्तर करोड़ रूपये मूल्य की बहुमूल्य धातुए भी जुब्त की गई हैं आबकारी विभाग ने उन्तालीस करोड़ रूपये से ज़्यादा कीमत की शराब जुब्त की है श्री लू ने बताया कि कानून व्यवस्था के तहत अब तक आठ सौ पच्चासी लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिये गये हैं जबकि आठ लाख से अधिक लाइसेंसी असलहा जमा करा लिये गये हैं उन्होंने बताया कि निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बीस लाख से अधिक लोगों को पाबंद किया गया है जबकि चौबीस हज़ार से ज़्यादा लोगों पर गैर जमानती वारंट तामील कराये गये हैं चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन आज प्रदेश भर में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है एक ओर जहां प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवीमंदिरों में माता के दर्शनों के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है वहीं दूसरी ओर अयोध्या में मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां जोरो पर है आज दोपहर बारह बजे अयोध्या के मंदिरों में श्रीरामजन्मोत्सव मनाया जायेगा अयोध्या में श्रद्वालओं की भारी भीड़ जुटी है आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अयोध्या के कनक भवन मंदिर से दोपहर साढ़े ग्यारह बजे से श्रीरामजन्मोत्सव का लाइव प्रसारण करने की व्यवस्था की है और विवरण हमारे फैजाबाद प्रतिनिधि से अयोध्या में वासंतिक नवरात्रि के अंतिम दिन और चैत्र राम नवमी पर प्रभू श्री राम के जन्मोत्सव की पावन बेला में ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों श्रद्वाल पावन सलिला सरयू में स्नान कर रहे हैं यहाँ भजन कीर्तन करते विदेशी और अप्रवासी भारतीय सहित देश के कोने कोने से आये श्रद्वालु चारों ओर धार्मिक जयघोष अनुष्ठानों का क्रम शोभा यात्राएं राम कथा के प्रवचन और श्रद्वागक्तिआस्था को समर्पित बढ़ते कदम ही दिख रहे हैं साथ ही दिख रहे है संवेदन शील स्थलों पर निगरानी करते चौकन्ने सुरक्षा बल दोपहर बारह बजे राम लला का प्राकट्य होते ही कनक भवनराम बल्लभाकंज सहित सभी मंदिरों में भये प्रकट कृपाला दीन दयालाजैसे बधाई गीत गूंजने लगेंगे फिर शुरू होगा बधाइयों के बीच मिष्ठान वितरण और अबीर गुलाल उडाने का दौर राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या इस बीच मिर्जापुर जिले के विन्ध्याचलधाम बलरामपुर जिले के देवीपाटन शक्तिपीठ नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित माता शाकृम्परी देवी मंदिर सहित समी शक्तिपीठो और देवीमंदिरों पर आज ब्रम्हमुहर्त से ही श्रद्वाल् दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं गोरखपुर जिले के तरकुलहा देवी मंदिर तथा नेपाल की सीमा से लगे महराजगंज जिले के लेहड़ा देवी मंदिर पर भी श्रद्वालु पंक्तिबद्द होकर माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं आज चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन मॉ भगवती के आठवें एवं नौवें स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे च्नावी बाँड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी दें शीर्ष न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में समी राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे तीस मई तक निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों से मिली रकम और बैंक खातों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दे प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायधीश दीपक गुप्ता तथा संजीव खन्ना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश दिया